मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोलकाता में पराक्रम दिवस समारोह का शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि नेताजी के बलिदान और साहस को याद करना हर देशवासी का कर्तव्य है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अभित शाह सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर सहित कई नेताओं ने नेताजी को नमन किया राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटॉसरा ने सीकर में नेताजी को प्रष्पांजलि अर्पित की राजधानी जयपुर में सुभाष चौक पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए नेताजी को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी श्रद्दांजलि अर्पित की गई

जोधपुर में विभिन्न संगठनों की ओर से नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया और पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से सैनिक समारोह आयोजित कर पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया टोंकें बूंदी और झालावाड में इस मौके पर गोष्ठी का भी आयोजन हुआ

सवाई माधोपुर जिले में दस चिकित्सा संस्थानों पर कोविड टीकाकरण किया गया सीकर जिले के नीमकाथाना में विधायक सुरेश मोदी ने कोरोना वैक्सीन सेंटर का शुभारंभ किया पीएमओ डॉ जीएस तंवर ने पहला टीका लगवाया

आज एम्स और मथुरादास माथुर अस्पताल में दो दो केन्द्रों पर टीकाकरण हुआ

इसी के तहत एक और महत्वपूर्ण जानेकारी देते हुये नई दिल्ली के सफदरजंग अंस्पताल की विशेषज्ञ डॉ रूपाली मलिक ने बताया कि ट्रायल में टीका लगवाने वाले लोगों को दुबारा टीका लेने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि लोगों को फ्लू से भी बचना चाहिए

अब तक एक करोड़ तीन लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं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

ज्यादातर स्थानों पर भाजपा तथा कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है और कई स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी मुकाबले को रोचक बना रहे है दोनों प्रमुख पार्टियों के वरिष्ठ नेता भी चुनाव प्रचार में जूटे हैं

श्रीमती बेनीवाल ने जिले के पिंडवाडा के एक विद्यालय में बालिकाओं के साथ ज्ञानवर्धक फिल्म भी देखी पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बालिकाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर सरकार विशेष कदम उठा रही हैं

आम लोगों को कन्या भ्रण हत्या रोकथाम और बेटियां अनमोल हैं का संदेश देने के उद्देश्य से पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी